पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही श्रू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्ज्न खडगे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है इससे पहले बजट सत्र के द्रसरे चरण के पहले दिन श्री खडगे ने कहा कि देश में ईंधन और घरेलू गैस की कीमतें बढने के कारण लोग परेशान हैं इधर लोकसभा की कार्यवाही श्रू होने पर सदन में दिवंगत सदस्यों मोहन एस डेलकर और नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्वांजलि दी गई सदन में सात पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिसमें कैप्टन सतीश शर्मा और शरत कार के नाम शामिल हैं

विश्व में लैंगिक समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस दिन महिलाओं की सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों का आयोजन किया जाता है यह दिवस जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की असाधारण भूमिका को दर्शाता है और साधारण महिलाओं द्वारा विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और साहस का परिचायक है

हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि महिलाओं ने देश को गौरान्वित किया है और जल थल और आकाश में अपनी अदम्य क्षमताओं को साबित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेयानायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को श्भकामनांए दी हैं राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रति सम्मान स्रक्षा और सशक्तिकरण का आहवान किया है इधर ईटानगर के दोरजी खाण्डू स्टेट कनवेंशन सेटर में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू महिला और बाल विकास मंत्री आलो लिबाग अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी के कई सदस्य मौजूद थे अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की श्भकामनाएँ देते हए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है

अपने संबोधन में श्रीमती नीलम मिश्रा ने महिलाओं से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हए आत्म निर्भर बनने का आहवान किया इस अवसर पर महिलाओं ने फैशन शो के माध्यम से स्थानीय परिधानों को प्रदर्शित किया

वन स्टॉप सेंटर नाहरलगुन द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम में महिलाओं की सेहत की जांच की गई इस अवसर पर ई ए सी दातुम गादी ने मदर्स होम को जिला प्रशासन की तरफ से कंबल और आवश्यक वस्त्एं प्रदान किया

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया पासीघाट में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में जिला उपाय्क्त डॉकिन्नी सिंह मौजूद थी जबकि दापोरिजो में अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया

राज्य में पर्यटन उद्योग और एक्वेटिव लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सोनाज्ली में फिश कल्चर प्रोग्राम के तहत एक्वाकल्चर टेक्नोलोजि पार्क में विभिन्न प्रजाति के मछलियों के सौ से अधिक तालाब हैं

कृषि मंत्री तागे ताकी ने टिर्म्स नाहरलग्न में और कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने रुकसिन एफ आर यू में कोविड का टीका लगवाया और प्रदेश के लोगों से स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अन्सार टीका लगवाने की अपील की